श्री मोदी ने कहा कोरोना संकट अभी टला नहीं है सतर्क रहने की है जरूरत ग्मला के विश्नप्र में महिलाओं द्वारा लेमन ग्रास की खेती को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सराहा कहा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अनूठी पहल है राज्य में सात हजार आठ सौ इकतालीस कोरोना संक्रमित लोगों में से अबतक तीन हजार पांच सौ इक्कीस मरीजों ने कोरोना को दी मात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और नए कोविड केयर सेंटर खोलने का दिया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सप्रतों को जन्म दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सतर्क और सावधान रहें इसके लिए साफ सफाई मास्क का इस्तेमाल और दो गज की दूरी सबसे बड़ा हथियार है

गांवों छोटे शहरों और गरीब परिवारों से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं वे अपनी मेहनत से शिखर को चूम रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में ग्रमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में स्वय सहायता समूहों से जुड़कर लगभग सोलह सौ से अधिक महिलाओं द्वारा लैमन ग्रास की खेती करने की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अनूठी पहल है

ये महिला समूह लैमन ग्रास की खेती से आय अर्जित कर रही है

झारखंड समेत पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भारतीय सेना के शौर्य की गाथा बयां करने वाले वीर शहीदों को नमन किया उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र सदैव इन शहीदों का कृतज्ञ रहेगा

हजारीबाग में कारगिल युद्ध में शहीद जवान के परिजनों ने शहीद स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए बोकारो जिले के चेदनक्यारी निवासी और प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के तट पर कारगिल के योद्दाओं की आकृति उकेरकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाकर कांग्रेस के द्वारा आज सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी देशव्यापी अभियान चलाया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने इस अभियान की शुरूआत करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है जमशेदपुर में रेलवे की ओर से भू शेड बनाया जा रहा है इससे व्यापारियों को जहाँ फायदा होगा वहीं रेलवे को भी राजस्व मिलेगा

अबतक यहां सात हजार आठ सौ बानन्वे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें से तीन हजार पांच सौ इक्तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर कोरोना की वजह से आज तीन मरीजों की मौत हो गई राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्वि होने की वजह से स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग पैंतालीस प्रतिशत हो गयी गौरतलब है कि राज्य में अबतक दो लाख छियासठ हजार चार सौ इकासी सैंपल लिए जा चुके हैं जिनमें से दो लाख तिरपन हजार चार सौ एक्यावन सैंपलों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेडों की संख्या बढाने और नए कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में बनाए गए कोविड वार्ड में गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया खेलगांव में पांच सौ बेड की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं इस संक्रमण से जुड़ी सभी चीजों पर सरकार की नजर है उन्होंने कहा कि कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है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

रांची जिले में पदस्थापित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी यह रिपोर्ट उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके क्रियाकलापों को लेकर तैयार होगी

लातेहार जिले के चंदवा से पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है

आज व्यवसायी संघ और चौम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया